केन्द्र सरकार ने पटना मेट्रो परियोजना को मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कोन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी गयी सत्रह फरवरी को पीएम नरेन्द्र मोदी पटना मेट्रो का शिलान्यास करेंगे तेरह हजार तीन सौ पैंसठ करोड़ रूपये की लागत से शुरू होने वाली इस परियोजना का निर्माण कार्य जून दो हजार चौबीस तक पूरा कर लिया जायेगा स्वीकृत मेट्रो प्रोजेक्ट की लंबाई एकतीस दशमलव तीन नौ किलोमीटर होगी कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि पटना मेट्रो के दो कॉरिडोर होंगे पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर तक और दूसरा कॉरिडोर पटना रेलवे स्टेशन से न्यू आईएसबीटी तक होगा दोनों कॉरिडोर में कुल चौबीस स्टेशन होंगे इस परियोजना से पटना की छब्बीस लाख से ज्यादा की आबादी लाभांवित होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो योजना की मंजूरी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है उन्होंने कहा कि मेट्रो योजना को मंजूरी से बिहार के विकास को नया आयाम मिलेगा वहीं उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की स्वीकृति से अन्य बड़े शहरों की तरह पटना में भी मेट्रो ट्रेन का लोगों का वर्षों पुराना सपना पूरा होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र सरकार दो हजार बाईस तक सभी के लिए घर बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करेगी नई दिल्ली में कोडाई के रिएल एस्टेट सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस दिशा में जोर शोर से काम हो रहा है उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए डेढ़ करोड़ मकान दोगुनी गति से बनाये गये हैं ताकि दो हजार बाईस का लक्ष्य हासिल किया जा सके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में पुरानी रोस्टर आरक्षण प्रणाली लागू होनी चाहिए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने भी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे अस्वीकृत कर दिया गया उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार फिर से याचिका दायर करने जा रही है श्री कुमार ने बताया कि बिहार में पुराने नियम के अनुसार ही बीपीएससी द्वारा की जा रही नियुक्ति में आरक्षण का लाभ मिल रहा है लेकिन नयी नियुक्ति में इलाहाबाद हाईकोर्ट के तेरह बिंदू के रोस्टर फैसले का असर पड़ सकता है राज्य सरकार सेवानिवृत्त पत्रकारों को छह हजार रूपये प्रति माह पेंशन देगी नियमित रूप से पत्र पत्रिका न्यूज चैनेल पोर्टल और एजेंसी में पत्रकार के रूप में बीस वर्षो तक सेवा देने वाले सेवानिवृत्त पत्रकारों को पेंशन का लाभ मिलेगा बशर्ते वे पेंशनधारी न हो पत्रकार की मृत्यु पर उनके आश्रित पति या पत्नी को भी तीन हजार रूपये पेंशन मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा का पन्द्रह और सोलह फरवरी को पटना में होने वाले दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे वहीं समापन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे राज्य के कृषि मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ने पटना में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पटना के गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में आयोजित इस दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में कुल पांच सत्र होंगे प्रदेश के तेरह जिलों में एक सौ तेईस किलोमीटर सड़कों के निर्माण पर दो सौ ग्यारह करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विभागीय निविदा समिति ने राशि को मंजूरी दे दी है पटना स्थित सीबीआई की एक अदालत ने बहुचर्चित सृजन घोटाले से जुड़े एक मामले में भागलपुर के पूर्व उप समाहर्ता प्रभात कुमार सिन्हा और पांच बैंककर्मियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है ये सभी वर्ष दो हजार नौ से दो हजार सत्रह के बीच भागलपुर जिले में महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की करोड़ों रुपये की सरकारी राशि के गबन के मामले में आरोपी हैं सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने विभिन्न मीडिया इकाइयों के सरकारी अधिकारियों से कहा है कि वह बदलती तकनीक के अनुसार खूद को ढालते रहें नई दिल्ली में मीडिया इकाइयों के पहले वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए श्री राठौर ने कहा कि भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों की दक्षता और सत्यनिष्ठा काफी महत्व रखती हैं इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि तेजी से बढ़ती तकनीक के अनुसार खूद को तैयार रखे जाने की जरूरत है

इस घटना में घायल एक अन्य जवान का इलाज पटना में किया जा रहा है राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती हवा के दबाव क्षेत्र के राज्य में प्रवेश के कारण राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में अगले दो दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे इसके साथ ही कल राज्य के कुछ भागों में ब्रंदाबांदी हो सकती है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य के आस पास ही रहेगा दिन में धूप निकलेगी और शाम में हल्की ठंड महसूस होगी प्रदेश के कुछ हिस्सों में स्वाईन फ्लू के मामले सामने आये हैं गया जिले से संदेह के आधार पर लिये गये सात नमूनों की जांच में तीन नमूनों में स्वाईन फ्लू के वायरस की पुष्टि हुई है

इससे पहले भी पीएमसीएच में जांच के क्रम में एक छात्रा समेत चार लोग स्वाईन फ्लू से पीड़ित पाये गये थे रेलवे में एक लाख तीस हजार पदों पर जल्द ही बहाली होगी रेलवे की ओर से चार श्रेणियों में विभिन्न पदों पर बहाली के लिए बड़े पैमाने पर रिक्तियां निकाली गयी हैं बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन मार्च से शुरू होगा

कोलकता में पन्द्रह से अठारह फरवरी तक खेले जाने वाली पैंतालीसवीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैम्पियनशिप के लिए बिहार की बालिका और बालक टीम की घोषणा कर दी गयी है

आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने पटना मेट्रो से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है साथ ही अलग अलग खबरों को भी मुख्य प्रष्ठ पर स्थान दिया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है मोदी सत्रह को पटना मेट्रो का शिलान्यास करेंगे दैनिक जागरण का शीर्षक है मुलायम चाहें फिर मोदी सरकार पीएम ने दिया धन्यवाद दैनिक भास्कर की सुर्खी है बेटी को इंटर परीक्षा दिलाने जा रहे पिता को अपराधियों ने मारी गोलियां घायल होने के बाद भी छह किलोमीटर दूर बेटी को सेंटर पर पहुंचाये फिर अस्पताल में भर्ती हुआ आज अखबार ने वृद्धों और पत्रकारों के लिए पेंशन योजना को सुर्खी बनाते हुए लिखा है साठ पार वृद्ध पत्रकारों को तोहफा और अब अंत में मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सत्रह फरवरी को करेंगे पटना मेट्रो का शिलान्यास